आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा स्मार्ट सिटी मिशन से शहरों में बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ

प्रदेश में आज कई स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली

आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी दलों को साथ लेकर चलने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको मिलकर आधुनिक भारत के निर्माण के बारे में सोचना होगा श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के कल्याण के साथ ही देश आगे बढना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय का जिक करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पानी के संकट को स्थायी रूप से दूर करने का समय आ गया है और पानी को बचाने के उपायों के बारे में भी सबको मिलकर सोचना होगा उन्होंने कहा कि पानी बचाकर ही लोगों का जीवन बचाया जा सकता है उन्होंने कहा कि वे हर घर को जल उपलब्ध कराने के मंत्र को लेकर आगे बढ रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यस्था के विकास में किसानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले देश में शहरी परिदृश्य के परिवर्तन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की थी जिनमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है

आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न शहरों के पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन का उददेश्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन उपलब्ध कराना है और पिछले चार साल में इस मिशन के तहत ऐतिहासिक काम हुए हैं

इसने अपराध रोकथाम बेहतर निगरानी और महिलाओं के प्रति अपराघों को कम करने में मदद की है

राजस्थान में भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपूर अजमेर कोटा और उदयपूर में कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है

इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसद राज्यवर्धन राठौड विधायक राजेन्द्र राठौड सहित कई नेता और बडी संख्या में आम लोग मौजूद थे शव यात्रा निकाले जाने के दौरान लोगों ने जगह जगह उनकी पार्थिव देह पर फूल बरसाए

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड और पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित बडी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश उन सभी महान लोगों को नमन करता है जिन्होंने आपातकाल का निडर होकर पूरी शक्ति से विरोध किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपातकाल की घोषणा और उसके बाद की घटनाएं देश के इतिहास का काला अध्याय है गूह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल का सामना करने वालों को श्रद्दांजलि अर्पित की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा दौर में प्रेस को स्वतंत्रता है तथा लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है

श्री गहलोत ने बांसवाडा में एक जनसभा में कहा कि प्रदेश के बच्चों की दिल की बीमारियों का अहमदाबाद में मुफ्त इलाज कराया जायेगा उन्होंने बताया कि इसके लिये सरकार ने अहमदाबाद के एक अस्पताल से समझौता किया है उन्होंने कहा कि बच्चे के इलाज के लिए अहमदाबाद जाने आने और रहने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष सहायता कोष से पांच हजार रूपये दिये जायेंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बच्चों के दिल में छेद होने के कारण उनकी मृत्यु की घटनाएं बढ रही है जिसे देखते हुए राज्य सरकार यह निर्णय लिया है

उन्होंने क्षेत्र में बनने वाले बालिका छात्रावास और प्राथमिक स्कूल का शिलान्यास भी किया बाद में मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ में विभिन्न कार्यकमों का लोकार्पण किया उन्होने कहा कि प्रतापगढ में कन्या महाविद्यालय जल्दी ही खोला जाएगा

पाली जिले के सादडी कस्बे के पास एक कार के पलट जाने से कार में सवार दूल्हा गम्मीर रूप से घायल हो गया जिसकी इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई

बारिश के बाद से शहर के पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड बढने लगी है जैसलमेर जयपुर और करौली में भी कई इलाकों में बारिश हुई

वहीं नागौर झालावाड जोधपुर बीकानेर और चूरू सहित कई स्थानों पर तेज उमस और गर्मी के कारण लोग परेशान रहे